प्रधानमंत्री ने अयोध्या में भूमि पूजन किया और राम मंदिर की आधारशिला रखी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा राम मन्दिर बनेगा विश्व में भारत की यश और कीर्ति का प्रतीक

देश में कोविड नाइन्टीन से एक दिन में इक्यावन हजार से अधिक रोगी ठीक हुए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर भारत की परम्पराओं का आधुनिक प्रतीक बनेगा उन्होंने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों के सामूहिक संकल्प की शक्ति के प्रतीक के रूप में भावी पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा प्रधानमंत्री कल अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर एकत्र लोगों को संबोधित कर रहे थे श्री राम का मंदिरहमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा और मैंजानबूझ कर के आधुनिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं हमारी शास्वत आस्था का प्रतीक बनेगा हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा और यह मंदिर करोड़ॉ करोड़लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा यह मंदिरआने वाली पीढ़ियों को आस्था श्रद्वा औरसंकल्प की प्रेरणा देता रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया और अयोध्या में भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी इस समारोह के साथ ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया है इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिन रामजन्म भूमि को विध्वंस और निर्माण के चक्र से मृक्ति का दिवस है उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण से भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है भारत भगवानथास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारेएक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक कोटेश्वर से कामाख्या तक जगन्नाथ से केदारनाथ तक सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक बोष गया से सारनाथ तक अमृतसर साहेब से पटना साहेब तकअंडमान से अजमेर तक लक्षद्वीप से लेह तकआज पूरा भारत राम मय है विमिन्न भाषाओं में लिखी गईं अनेक रामायणों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रीराम देश की विविधता में एकता के साझा सूत्र हैं उन्होंने कहा कि भगवान राम सभी धर्मां के लिए शक्ति और एकता के प्रतीक हैं अयोध्या में अपने ऐतिहासिक संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समूचे देश के लिए यह एक भावनात्मक क्षण है और राम मंदिर के निर्माण से अयोध्या के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा हमें सभी की भावनाओंका ध्यान रखना है हमें सबके साथ सेसबके विश्वास से सबका विकासकरना है अपने परिश्रम अपनी संकल्प शक्तिसे एक आत्म विश्वासी ही और आत्मनिर्मर भारत का निर्माण करना है प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे विभिन्न क्षेत्रों में अनेक अवसर खुलेंगे और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आएगा भूमि पूजन समारोह दोपहर बारह बजकर तीस मिनट पर प्रारंभ हुआ और बारह बजकर पैंतालीस मिनट पर सम्पन्न हुआ इस अवसर पर अनेक संत आध्यात्मिक ग्रू और राम मन्दिर आन्दोलन से जुड़े अन्य नेता उपस्थित रहे विश्व हिन्द् परिषद के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय अशोक सिंघल के परिवार से पवन सिंघल और महेश भगचंदका भी समारोह में उपस्थित थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पारिजात का पौधा लगाने के बाद भूमि पूजन समारोह में भाग लिया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री मोदी को स्मारिका के रूप में लकड़ी के बने कोदण्ड राम की प्रतिमा भेंट की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में भूमि पूजन के बाद अपने संबोधन में कहा कि यह दिन सभी देशवासियों के लिए उमंग और उत्साह का दिन है उन्होंने कहा कि वर्षो का स्वप्न साकार हो रहा है अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए हजारों संतों और महाप्रूषों ने लंबे समय तक संघर्ष और साधना की है उन्होंने कहा कि सभी लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों की रक्षा करते हए संविधान सम्मत तरीके से मंदिर निर्माण हो रहा है पिसे आज से छः वर्षपहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राम राज्य की इस अक्वारणा को चरितार्थ करने के लियेआगे बढ़ाया था जिसमें किसी के साथ ना जाति के नाम पर ना क्षेत्र के नाम पर ना भाषा के नाम पर कोई भेदभाव नहीं और सबका साथ सबके विकासकी भावना को चरितार्थ करते हुए जिस कार्यक्रम को छः वर्ष पहले आगे बढ़ाया थाभगवान राम का यह भव्य और दिव्य मंदिर भगवानराम की यश और कीर्ति के अनुरूप भारत की यश और कीर्ति को भी देश और दुनिया के अन्दर इसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करेगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि भगवान राम के मंदिर के विधि सम्मत निर्माण से भारत की सामाजिक समरसता का प्रमाण मिलता है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को मर्यादा पुरूषोतम भगवान श्रीराम के सत्य और नैतिकता संबंधी विचारों का प्रतीक बताया गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शताब्दियों से विश्व में हिन्दुओं के विश्वास का प्रतीक रहा है अपने ट्वीट संदेश में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर की आधारशिला रखकर करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान करने का महान कार्य किया है केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होने से देश और विदेश में लोग बेहद खुश है एक ट्वीट में श्री जावड़ेकर ने कहा कि अब देश का माहौल बदल गया है और अब ये समझा जा रहा है कि जटिल से जटिल समस्या का भी शांतिपूर्ण ढंग से हल किया जा सकता है राम मंदिर निर्माण का कार्य आरम्म होने पर कल प्रदेश में दीपोत्सव मनाया गया अयोध्या में सरयू के घाट और मंदिरों में दीप प्रज्ज्वलित किए गए लोगों ने भी अपने घरों में दीप प्रज्ज्वलित कर प्रसन्नता व्यक्त की वाराणसी के गंगा घाट और देवालय प्रकाश से जगमग रहे मथुरा वृदावन के मंदिरों में भी दीप प्रज्ज्वलित किए गए गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर समेत अन्य मंदिरों में इस अवसर पर विशेष सजावट की गयी और दीप जलाए गए लखनऊ कानप्र प्रयागराज क्शीनगर औरैया और लखीमप्र खीरी समेत प्रदेश भर में लोगों ने दीप जलाकर मंदिर निर्माण की आधारशिला रखे जाने का स्वागत किया राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने भी इस ऐतिहासिक अवसर पर राजभवन में दीप प्रज्ज्वलित किए उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी अपने आवास पर दीप जलाए श्रीराम मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर प्रदेश भर में लोगों में जबर्दस्त उत्साह है अयोध्यावासी मंदिर निर्माण का कार्य आरम्म होने से काफी खुश हैं उनका कहना है कि मंदिर निर्माण से जनपद के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र का विकास होगा नीव पड़ गई है शिलादान हो गया है इस उपलक्ष्य में हम तोग दीये जलाकर ढोल नगाड़े बजाते होती खेलते दीवाली मना के और इतना उल्लास है सिविल लाइनवासियों में कि रंग गुलाल खेलते हुए और राम मंदिर निर्माण की खुशी मना रहे हैं हम लोग बहुत भाग्यशाली है जो हम लोग को यह शुभ अवसर देखने का मौका मिला और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते है मोदी जी का जो हमें यह सब शुभ अक्सर देखने का मौका मिला हम बहुत खुश है अपनी खुशी बयान नहीं कर सकते कैसे बयान करें देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान अब तक के सबसे अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं एक दिन में क्ल इक्यावन हजार सात सौ छ मरीज स्वस्थ हुए देश में कोरोना संक्रमण से अब तक कुल बारह लाख बयासी हजार दो सौ पन्द्रह रोगी स्वस्थ हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटों में बावन हजार पांच सौ नौ लोग संक्रमित हुए इसके साथ ही कोविड मरीजों की संख्या उन्नीस लाख आठ हजार दो सौ चौवन हो गई इनमें से पांच लाख छियासी हजार दो सौ चौवालीस मरीजों का इलाज चल रहा है उधर प्रदेश में अब तक कोरोना से साठ हजार पांच सौ अट्ठावन मरीज स्वस्थ हुए हैं इस समय राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या इकतालीस हजार नौ सौ तिहत्तर है पिछले चौबीस घंटों के दौरान चार हजार एक सौ चौवन नये मरीज मिले हैं प्रदेश के सोलह जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है राप्ती नदी गोरखपुर के बर्डघाट तथा श्रावस्ती के राप्ती बैराज सरयू घाघरा नदी बलिया के तुर्तीपार बाराबंकी के एल्गिन ब्रिज और अयोध्या में लाल निशान से ऊपर बह रही हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं